दस की स्थिति गंभीर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाहर से शराब पीकर बिहार आना होगा दंडनीय अपराध

अरबों रुपये के बहुचर्चित सुजन घोटाले के एक और मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पटना की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है ब्यूरो ने यह आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश कुमार गुंजन की अदालत में बैंक ऑफ बड़ौदा की भागलपुर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक नवीन कुमार साहा समेत आठ लोगों के खिलाफ दायर किया है आरोप पत्र में सृजन महिला विकास समिति से जुड़े लोगों का नाम भी शामिल हैं सूजन घोटाले का यह दसवां मामला है जिसमें सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया पटना जिले के मोकामा प्रखंड अंतर्गत औंटा रघुरामपुर टोला में प्रसाद खाने से महिला बच्चे समेत डेढ़ सौ लोग बीमार हो गये इनमें से दस लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर किया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार एक किसान के घर में पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया गया प्रसाद खाने के थोड़ी देर बाद लोगों को उलटी दस्त और पेट में दर्द की शिकायत होने लगी बीमार लोगों को स्थानीय अस्पतालों में इलाज कराया गया अधिकतर लोगों को इलाज के बाद राहत मिली जबकि गंभीर रूप से बीमार दस लोगों को बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बाहर से शराब पीकर बिहार आना दंडनीय अपराध होगा न्यायमूर्ति अशोक भूषण और के एम जोसेफ की पीठ ने इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर राज्य के बाहर से भी आता है तो वह भी बिहार एक्साइज एक्ट के तहत दंडनीय होगा न्यायालय ने अपने फैसले में कार के अंदर शराब का सेवन किये हुए पाये गये सतविंदर सिंह सलूजा और अन्य पर दायर एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया शिक्षा विभाग ने विभिन्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण के लिए शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है नियोजन के लिए उन्नीस ज़लाई तक रिक्त और आवश्यक पदों की गणना कर ली जायेगी सत्ताईस अगस्त से छब्बीस सितम्बर तक आवेदन लिये जायेंगे शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्नीस अक्टूबर को औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया जायेगा जबकि मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन पन्द्रह नवम्बर को होगा प्रमाण पत्रों की जांच अठारह से बाईस नवम्बर तक होगी काउंसिलिंग के बाद नियोजन पत्र उनतीस नवम्बर से वितरित किये जायेंगे शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं को पैंतीस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है दानापुर रेल मंडल आठ जोड़ी ट्रेनों में अगस्त से निःशुल्क इंटरटेनमेंट सेवा उपलब्ध करायेगा इसके लिए एक्सप्रेस ट्रेनों के सभी डिब्बों में मीडिया ऑन डिमांड नामक उपकरण इनस्टॉल किये जायेंगे जो वाई फाई से लैस रहेंगे यात्री अपने स्मार्ट फोन के माध्यम से इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं उधर रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भागलपुर और गांधी धाम के बीच चलायी जा रही समर स्पेशल ट्रेन के फेरे में वृद्धि की है अब ये ट्रेन गांधी धाम से छह अगस्त तक और भागलपुर से उन्नीस अगस्त तक चलायी जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल शक्ति अभियान को पूरे देश में समर्थन देने के लिए लोगों से अपील की है एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जल आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए जल शक्ति अभियान लोगों के बीच जल संरक्षण के फायदे और देश में पानी के कम होते स्रोतो के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए दो चरणों में शुरु किया गया पहला चरण कल से शुरू हो गया है जो पन्द्रह सितम्बर तक चलेगा इसमें राज्य भाग ले रहे हैं द्रसरा चरण एक अक्तूबर से तीस नवम्बर तक पूर्वोत्त्र मानसून वाले राज्यों के लिए चलाया जाएगा जलशक्ति अभियान देश में जल की कमी वाले दो सौ छप्पन जिलों और एक हजार पांच सौ बानवें प्रखंडों में चलाया जा रहा है राज्य सरकार ने कहा कि गया जिले में बेथौशरीफ गांव के पास वीयर बनाकर सालों भर पानी संचयन की योजना तकनीकी रूप से संभव नहीं है विधान परिषद में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बेथौशरीफ गांव के निकट प्रस्तावित स्थल के पांच सौ मीटर डाउनस्ट्रीम में वीयर निर्माण कर सिंचाई सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि इसके लिए तकनीकी प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है देश के एक सौ पन्द्रह आकांक्षी जिलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार के जमुई को अठारहवां स्थान प्राप्त हुआ है जबकि नवादा को इकतीसवां और बेगूसराय को तैंतीसवां स्थान प्राप्त हुआ है नीति आयोग इन आकांक्षी जिलों में विकास कार्यों की लगातार निगरानी कर रहा है प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकांक्षी जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और देश के अन्य जिलों समेत बिहार के तेरह जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों का जायजा लेंगे बीएड कॉलेजों में खाली सीटों पर पांच जुलाई तक नामांकन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के नये आदेश के आलोक में प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जो अभी तक नामांकन नहीं करवा पाये हैं वे निजी या सरकारी बीएड कॉलेजों से संपर्क कर सकते हैं कॉलेजों को विज्ञापन निकाल कर अपनी खाली सीटों के आधार पर छात्रों की सूची तैयार कर तीन जुलाई तक विश्वविद्यालयों को सौंपना होगा नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर एस पी सिंह ने बताया कि तीन जुलाई तक कॉलेजों में सूची सौंपनी है सूची की जांच के बाद नामांकन की अनुमति दी जायेगी सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र में सशस्त्र अपराधियों ने ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से करीब चार लाख रुपये लूट लिया मढ़ौरा के पुलिस उपाधीक्षक धीरेंद्र कुमार साह ने बताया कि पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है बिहार राज्य परिवहन निगम नेपाल के सीमावर्ती जिलों से पटना के लिए पन्द्रह नयी बसे चलायेगा इसके साथ सीमावर्ती इलाकों से नौ बसे अन्य प्रमख शहरों के लिए चलायी जायेगी निगम ने परमिट के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को फाइल भेजी है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश से अधिकतम तापमान में कमी आयी है पटना में एक सेंटी मीटर बारिश दर्ज की गयी मौसम विभाग पटना के अनुसार मध्य और दक्षिण बिहार में मॉनसून सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इसके और मजबूत होने की संभावना है मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि इस पूरे हफ्ते राज्य के अधिकतर भागों में बादल छाये रहेंगे और कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है ईस्ट जोन ने बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में खेले गये इंटर जोन अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है फाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन ने वेस्ट जोन को सात रनों से पराजित कर दिया पटना के पाटलीपुत्र खेल परिसर में सम्पन्न इकतीसवीं बिहार राज्य चैम्पियनशिप में बेगूसराय दो सौ पांच अंकों के साथ ओवर ऑल विजेता बना पटना एक सौ तिरानवे अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा राजकोट में खेली गयी छत्तीसवीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के माही श्वेत राज ने दो रजत और एक कांस्य पदक प्राप्त किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाया है चालीस हजार शिक्षकों का नियोजन शिड्यूल जारी इस खबर को अन्य अखबारों ने भी आंकड़ों औ ग्राफिक्स के साथ प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को मिलेगा अखबार की एक अन्य सुर्खी है जम्मू कश्मीर मामले में कोन्द्र के साथ आया विपक्ष प्रभात खबर की सुर्खी है चमकी बुखार से पीड़ित इलाके के सभी परिवारों को मिलेगा योजनाओं का लाभ दैनिक भास्कर की सुर्खी है सदन में गूजा बच्चों की मौत का मामला

दस की स्थिति गंभीर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाहर से शराब पीकर बिहार आना होगा दंडनीय अपराध